मोदी मालदीव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो देशों मालदीव और श्रीलंका की यात्रा के पहले चरण में आज माले पहंच गये हैं मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज शाम माले में रिपब्लिक स्क्वेयर में स्वागत समारोह का आयोजन किया माले पहंचने पर एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि भारत मालदीव गणराज्य के साथ मजबूत संबंधों को कितना महत्व देता है और वह विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का इच्छ्क है

मालदीव प्रधानमंत्री मोदी को निशान इजुद्दीन पुरस्कार से सम्मानित करेगी विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला यह मालदीव का सर्वोच्च पुरस्कार है प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ आपसी हित के मामलों पर चर्चा करेंगे वे उपराष्ट्रपति फैजल नसीम और वहां की संसद मजलिस के अध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीम से भी मुलाकात करेंगे वे आज पीपल्स मजलिस को भी संबोधित करेंगे उनकी इस यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण समझौते और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है

आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व का एक उपहार भी है उन्होंने कहा कि इस वर्ष योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया इकाइयों को पुरस्कृत किया जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई आयोजन किये जाएंगे

उन्होंने कहा कि पूर्व में छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अलग अलग तरीके से ढाई सौ से एक हजार रुपए तक खर्च करना पड़ता था

मप्र हाईकोर्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश आरएसझा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है केन्द्रीय कानून मंत्रालय द्वारा इस बाबत विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गयी है

इस मौके पर राज्य मंत्रीमंडल के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे

जबकि इसके पहले संपन्न हुए बजट सत्रों की समयावधि कम से कम पांच सप्ताह रखी जाती रही है श्री भार्गव ने लिखा है कि प्रदेश में अनेक ज्वलंत समस्याएं उत्पन्न हुईं हैं इन पर सत्र बुलाकर विस्तृत चर्चा नहीं कराई गई है उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों में सत्र की तिथियां और समयावधि प्रतिपक्ष से चर्चा के बाद ही तय किए जाने की परंपरा थी लेकिन राज्य सरकार ने इस परंपरा का पालन नहीं किया है उधर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि प्रतिपक्ष की सहमति से ही सत्र की अवधि तय की गयी है

जनजातीय संग्रहालय मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की छठवीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कई कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है आज गुजरात महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के जनजातीय नृत्यों का प्रदर्शन हो रहा है वहीं लोकराग के अंतर्गत समप्रिया पूजा निषाद छत्तीसगढ और साथी कलाकारों द्वारा पाडंवों पर केन्द्रित पंडवानी गायन होगा इसके अलावा आदिवासी संस्कृति पर आधारित शिल्प मेले का भी आयोजन किया गया है

आम महोत्सव आमलोगों को फलों के राजा कहे जाने वाले आम की विभिन्न किस्मों की जानकारी देने और उनके रसीले और सुगंधित स्वाद से परिचित कराने के उददेश्य से राजधानी भोपाल के विठठन मार्केट में नाबार्ड कार्यालय के परिसर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आयोजित इस आम महोत्सव में प्रदेश में नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में पैदा होने वाले आम की कई किस्मों को प्रदर्शित किया गया है इस प्रदर्शनी कम सह विक्रय केन्द्र में विश्व विख्यात सुंदरजा नूरजहां सफेदा हाफूज अलफांसो सहित आम की विभिन्न किस्मों को पसंद कर रहे है आज देर शाम आम महोत्सव का समापन होगा मौसम देश के साथ साथ मध्यप्रदेश भी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है प्रदेश के कई हिस्सों में लू चल रही है तो वहीं कई इलाकों में पेय जल संकट बना हुआ है

आमतौर पर माना जाता है कि नवतपे के बाद गर्मी के तीखे तेवर कम होने लगते है लेकिन इस बार वातावरण में नमी नहीं होने और मानसून पूर्व की बारिश नहीं होने से तापमान के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे है

इसके अलावा ग्वालियर पंचमढी खरगोन शाजापुर खंडवा छतरपुर नौगांव में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है हालांकि कुछ जिलों मंडला डिडौरी बालाघाट जबलपुर कटनी बैतूल धार में हल्की ब्रंदाबादी हुई इससे तापमान में कुछ कमी आयी किकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में आज बांग्लादेश का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है